वहीं तेसाम पोंगते को उपाध्यक्ष के रुप में चुना गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनो को सदन में सर्वसम्मति से चुना गया है इससे पहले कल श्री सोना और श्री पोंगते ने प्रोटेम स्पीकर फोसुम खिमहुन को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था दोनो विधायको के साथ मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और अन्य भाजपा सदस्य भी थे अध्यक्ष के पद के लिए पी डी सोना का नाम भाजपा के सदस्य बालों राजा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और दूसरा लाईसम सिमाई द्वारा जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए श्री पोंगते का नाम वांगलम साविन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और दूसरा चाउ जिंग्नू नामचूम द्वारा प्रदेश में लगातार द्रसरी बार सत्ता में रहते हुए भाजपा ने साठ सदस्यीय विधानसभा चुनाव में इक्तालीस सीटे जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक उत्थान के द्वार को खोलने के लिए बुनियादी ढांचे को निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांड्र की अध्यक्षता में गत रविवार को राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्रीय नागरिक अड़डयन मंत्रालय को होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को बयालीस महीने की समय सीमा से पहले शीघ्रता से पूरा करने पर जोर देने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल नौ फरवरी को होलोंगी हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी थी

स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए उपलब्ध कराने हेतु मंत्रिमंडल ने चिकित्सकों के पदों को युक्तिसंगत बनाने को भी मंजूरी दी खासतौर पर विशेषज्ञ के पदों को ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के प्रत्येक जिलों में आवश्यक चिकित्सा और विशेष सेवाए उपलब्ध हो और हरेक जिले में ब्लड बैंक की सुविधाए भी उपलब्ध हो और इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक राज्य सरकार को एक व्यापक प्रस्ताव सौपेगा राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अरुणाचल प्रदेश में एम्स की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव सौंपने का भी निर्णय लिया है

कल असम में जोरहाट हवाई अड़डे से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद इस विमान का संपर्क टूट गया था रक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस विमान पर एक विंग कमांडर एक स्कवाड्रन लीडर और चार फ्लाइट लेफ्टिनेंट सहित तेरह लोग सवार थे वायुसेना विमान की तलाश में थल सेना और अन्य एजेंसियों का सहयोग ले रही है

ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में कल हुई परामर्श बैठक में जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने ठोस कचरे के व्यवस्थित प्रबंध की बकालत की बैठक में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अपशिष्ट पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और जीवन के आर्थिक विकास के स्तर का समर्थन करने के लिए तरीको पर विचार चिमर्श किया गया जिले में पचास माइक्रोन से परे प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पती ने कहा है कि आईसीसी विश्व कप क्रिकेट दो हजार उन्नीस में कल भारत के पहले मैच के साथ ही प्रतिदिन आकाशवाणी से इस प्रतियोगिता के मैचों का आंखो देखा हाल प्रसारित किया जायेगा उन्होंने बताया कि आकाशवाणी के नेटवर्क से जुड़े विभिन्न माध्यमों पर मैचों की कमेंटरी के प्रसारण का विवरण जल्दी ही साझा किया जायेगा वेम्पती ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली कमेंटरी पहली बार इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पौधे के साथ सेल्फी जन अभियान शुरु करते हुए लोगों से पौधे लगाकार और उसके साथ अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने का आग्रह किया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

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेइस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान एक दशमलव चार मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई